प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए आधुनिक इन्फॉरमेशन हाईवे पर काम कर रही है नई दिल्ली में केन्द्रीय सूचना आयोग के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों के साथ संवाद और उन्हें सूचना देकर सशक्त करने में विश्वास करती है प्रधानमंत्री ने आम लोगों के अधिकार के साथ जवाबदेही पर भी जोर दिया

ऐसी गलत कोशिशों का भार भी अभी व्यवस्था को उठाना पड़ता है साथ ही अधिकार की बात करते हुए अपने कर्तव्यों को भूल जाना संविधान द्वारा जो अपेक्षाएं की गयी हैं उन्हें भूल जाना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है चारा घोटाले के द्मका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह समेत सात लोगों को नोटिस जारी किया है अदालत ने सभी को अठाईस मार्च को पेश होने को कहा है विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने सातों आरोपियों को बचाने की कोशिश की है मुख्य सचिव के अलावा जिन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है उनमें तत्कालीन वित्त सचिव विजय शंकर दूबे निगरानी के तत्कालीन एडीजी डीपी ओझा सीबीआई के तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी एकेझा और आपूर्तिकर्ता शिवकुमार पटवारी फूल झा और दीपेश चांडक शामिल हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य शिक्षा वित्त निगम आसान शर्तों पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चार लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगा विधान सभा में श्री कुमार ने कहा कि अगले महीने की एक तारीख से यह निगम काम करना शुरु कर देगा

अब उसमें बैंक की कोई भूमिका नहीं होगी और राज्य सरकार उसमें खुद मदद करेगी

वैसी स्थिति में ऐसा लगता है कि इसके बाद अब ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा पायेंगे और साथ साथ इसका प्रचार भी किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि दलित आदिवासी पिछड़ा अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पहले की तरह जारी रहेगी राज्य सरकार ने कहा है कि अपराध पर काबू पाने के लिए सभी कस्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में राजद विधायक संजय कुमार सिंह की मांग पर कहा कि सदस्य का यह प्रस्ताव विचारणीय है श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने योजना और विकास विभाग के मंत्री से इस संबंध में बात की है और कहा है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायकों की अनुशंसा पर अर्द्ध शहरी इलाकों के बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए नियमावली में प्रावधान किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में गृह विभाग के प्रधान सचिव को भी निर्देश दिये गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि पटना विश्वविद्यालय यदि राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराता है तो यह केंद्र भागलपुर में स्थापित किया जायेगा विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के लिए बनने वाले इस केंद्र के लिए पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ अंतिम दौर की बात चीत चल रही है इससे पहले समीर कुमार महासेठ के प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्ष दो हजार नौ में केंद्र सरकार ने डॉल्फिन अध्ययन केन्द्र की स्थापना की अनुमति दे दी है इसके लिए अट्ठाईस करोड रुपये भी दिये गये हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दो हजार सत्रह का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है

समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि पेपर एक में आठ हजार आठ सौ पचहत्तर और पेपर दो में छत्तीस हजार छह सौ पच्चीस परीक्षार्थी सफल हुए हैं

राज्यसभा में आज एक प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने यह बात कही उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन अठारह हजार रूपये सातवें वेतन आयोग द्वारा उचित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है अररिया लोकसभा और जहानाबाद तथा भभुआ विधान सभा सीटों के लिए हो रहे उप चूनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज अररिया के फारबिसगंज में एनडीए प्रत्याशी प्रदीप सिंह के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया श्री मोदी ने दावा किया कि तीनों ही सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने भभुआ निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रिंकी रानी पांडेय के समर्थन में रामपुर विशुनपुरा और सौरूडीह सहित कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया वहीं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज अररिया के फारबिसगंज और फुलकाहा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों से आम लोग परेशान हैं उन्होंने दावा किया कि उप चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवारों को जीत मिलेगी सारण जिले में वाहन चालकों से अवैध वसूली करने के आरोप में आज अगर थाना के अवर निरीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि निलंबित पुलिसकर्मियों को एक ट्रक चालक से अवैध वसूली करते रंगे हाथ पकड़ा गया था जमुई जिले के चकाई थाना अंतर्गत चकाई गिरिडीह मुख्य मार्ग पर द्रलंमपूर के पास सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया

घायल व्यक्ति को इलाज के लिए चकाई अस्पताल लाया गया रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरक्षणी स्थित एक शॉपिंग मॉल से हथियार बंद अपराधियों ने देर रात तेरह लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि छह की संख्या में आये अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है

वहीं बक्सर जिले के धनसोई गांव में पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक घर से पांच सौ अठाईस बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया जदयू सेवा दल की ओर से आज पटना के कंकड़बाग स्थित राम सुंदर दास पार्क में समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास की तीसरी पुण्यतिथि समारोहपूर्वक मनायी गयी इस अवसर पर सेवा दल के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे विधायक रत्नेश सादा को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को आज पूलिस ने सहरसा जिले के वन गांव से गिरफ्तार कर लिया है

औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना क्षेत्र के पाढ़ी मोड़ के पास सीआरपीएफ और पुलिस ने हार्डकोर नक्सली सुनील मेहता को गिरफ्तार किया है